मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र समेत अन्य नेताओं ने कहा नड़डा के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित करेगी भाजपा

ऊना जिले के जवान अनिल जसवाल अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ में शहीद नड़डा भाजपा के वरिष्ठ नेता जे पी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है नई दिल्ली में कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया जेपी नड्डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित अन्य नेताओं ने जेपी नड़डा को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है शिमला में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड़डा के नेतृत्व में भाजपा देश व प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी जेपी नड्डा को बधाई दी है शुभकामनाएं इधर जेपी नड़डा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा में जश्न का माहौल है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है केलंग में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मिठाईयां बांटकर खुशी का इजहार किया मारकंडा ने कहा कि नड्डा का युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पद तक का सफर कामयाब रहा है और आगे भी उनके मार्गदर्शन में प्रदेश को लाभ मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उम्मीद जताई कि संगठन में काम के लम्बे अनुभव और अपनी परिपक्वता के कारण नड़डा सफल रहेंगे क्ल्लू में कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर जश्न मनाया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि संचार यूग में मीडिया प्रतिदिन की गतिविधियों का महत्वपूर्ण अंग बन गया है और मीडिया की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है वे आज शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है और ये अधिकारियों को उचित प्रतिक्रिया देने के अलावा समाज के प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मीडिया को अपनी अखण्डता को बरकरार रखना है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में सर्वे के आधार पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ नए प्रयास किए गए हैं

भारद्वाज ने बताया कि सरकारी स्कूलों में योगा चैस संस्कृत और संगीत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार स्वदेशी पश्चन के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है शिमला में आज राष्ट्रीय गोकृल मिशन के तहत संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रोत्साहन के लिए प्रजनन फार्म और अन्य प्रयोगशालाए स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजा गया है वीरेन्द्र कंवर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर इन्हें जल्द पुरा करने के निर्देश दिए मॉनसून अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिला उपायुक्तों और अन्य विभागों के साथ मॉनसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि हिमाचल एक आपदा सम्भावित राज्य हैं ऐसे में मौसम संबंधी सलाह प्रसारित करने और राज्य में चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने खराब मौसम की स्थिति में ट्रैकिंग और अन्य यात्राओं को प्रतिबंधित करने की जरूरत पर भी बल दिया सैजल सोलन जिले के परवाणु में हरियाणा की सीमा से सटे खेड़ा सीतापुर नरयाल सम्पर्क मार्ग का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने उदघाटन किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में राज्य सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है

उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को तय समय में पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए महेन्द्र सिंह मण्डी जिले के सरकाघाट में निशुल्क सैनिक कोचिंग अकादमी स्थापित की जाएगी ताकि सेना अर्धसैनिक बलों और पुलिस में जाने के इच्छ्क युवाओं को मार्गदर्शन मिल सके ये जानकारी सैनिक कल्याण व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज जिले के चोलथरा में शहीद कैप्टन दीपक गुलेरिया के शहीदी दिवस पर हुए कार्यक्रम में दी उन्होंने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के सिध्याणी में खेलकूद प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया

इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं चम्बा जिले के स्कूलों में शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित बनाने के लिए बच्चों को योगाभ्यास करवाया जा रहा हैं इस दौरान बच्चे योग की विभिन्न प्रक्रियाएं सीख रहे हैं

उन्होंने कहा कि अर्की नालागढ़ और कण्डाघाट उपमण्डर्लो में भी योग शिविर लगाए जाएंगे जवान शहीद ऊना जिले के जवान अनिल जसवाल बीती रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए

वे अपने पीछे पत्नी पांच माह का बेटा और माता पिता छोड़ गए हैं बंगाणा के एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार सेना मुख्यालय के सम्पर्क में है और शहीद का शव कल सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अनिल जसवाल की शहादत पर गहरा द्ख व्यक्त किया है स्ट्राईक मण्डी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र थाची में महिला डॉक्टर से कथित छेड़छाड़ व मारपीट के खिलाफ जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने आज दो घंटे की पैन डाउन स्ट्राईक की हिमाचल मैडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अनुसार आज रात तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल पूरे दिन हड़ताल की जाएगी